लोकसभा ने ये विधेयक पिछले सत्रमें पारित कर दिया था

विधेयक के मुताबिक अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट के ट्रस्टी नहीं रहेंगे

आज इस विधेयक पर हई चर्चा में कांग्रेस सांसद प्रताप सिंह बाजवा ने विधेयक का विरोध किया और भगत सिंह को भारत रतन देने की मांग की केन्द्रीय संस्कृति मंत्री प्रह्लाद जोशी पर हुई चर्चा का जवाब देते हुये कहा कि कोई राजनीति नहीं है उन्होंने प्रश्न किया कि कांग्रेस अपने अध्यक्ष को ट्रस्टी से हटाये जाने का क्यूं विरोध कर रही है जबकि लोगों दवारा च्ने गये नेता को ट्रस्टी बनाया जा रहा है केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने आज संसद में आश्वासन दिया है कि कृषि अन्संधान परिषद तथा चिकित्सा अन्संधान परिषद की रसायनिक उर्वरकों के खराब असर बारे रिपोर्ट आने के बाद इन रसायनों के इस्तेमाल के खिलाफ आवश्यक काम उठाये जायेंगे मंत्री ने कहा कि ये अध्ययन राज्य सरकारों के जरिये आना चाहिए

केन्द्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने बच्चों और महिलाओं की उनके घरों मे स्रक्षा को विश्वसनीय बनाने की जरूरत पर बल दिया है और कहा है कि उन्हें हिंसा और शोषण से बचाने के लिए पड़ोस में कायम करने की जरूरत है महिला एवं बाल विकास मंत्री आज नई दिल्ली में दूसरे दक्षिण एशिया स्रक्षा सम्मेलन को सम्बोधित कर रही थी राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के आकड़ों का जिक्र करते हये उन्होंने बताया कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के दर्ज तीन लाख मामलों में अपराध करने वाले उनके पति या रिश्तेदार थे उनके मंत्रालय द्वारा इस दिशा में उठाये गये कदमों का जिक्र करते हये उन्होंने बताया कि महिलाओं के लिए देश में हर महीने दस वन स्टोप केन्द्र खोले जा रहे है और इस वर्ष में अंत तक देश के हर जिले में एक वन स्टोप सेंटर काम करना श्रू कर देगा

स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत साठ लाख से अधिक गरीब लोग इसका लाभ ले च्के है तीन दिवसीय सम्मेलन बारे स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में आये विशेषज्ञ सस्ती दवाओं टीकों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगे हरियाणा के ऊर्जा मंत्री श्री रंजीत सिंह ने विभाग के अधिकारियों को सिरसा जिले के जीवन नगर में बायोमास परियोजना लगाने की संभावनाओं का पता लगाने के निर्देश दिये है श्री रंजीत सिंह ने आज चंडीगढ़ में बिजली विभाग से जुड़े विभाग तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे पत्रकारों से बातचीत में श्री रंजीत सिंह ने बताया कि आला अधिकारियों को कृषि के लिए दी जाने वाली बिजी को आठ घंटे से बढ़ाकर दस घंटे करने गांवों व शहरों में टेढ़े खम्बों व शीली तारों को दस दिनों में ठीक करने के आदेश दिये और पर्यावरण प्रद्यषण के प्रति गहरी चिंता व्यक्त करते हये कहा कि अधिकारियों से पराली का त्रंत कोई स्थाई समाधन निकालने को भी कहा गया है

एक टिवीट में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दिवंगत नेता को श्रदवाजंलि अर्पितकी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पूर्व प्रधानमंत्री डॉ मन मोहन सिंह पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंदिरा गांधी को दिल्ली स्थित समाधि शक्ति पर प्ष्पाजंलि अर्पित की लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में सासदों ने आज केनद्रीय कक्ष में पूर्वप्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के चित्र पर प्ष्पाजंलि अर्पित की कांग्रसे प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने आज स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर करनाल में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्हें श्रदवा स्मन अर्पि कर श्रदवाजंलि दी बाद में पत्रकारों से बातचीत में कुमारी शैजला ने केन्द्र सरकार द्वारा गांधी परिवार की स्रक्षा में जो कटौती की है इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्यूंकि पूरा कांग्रेस परिवार गांधी परिवार के साथ खड़ा है पत्रकारों द्वारा कल मंत्रिमंडल दवारा मंत्रियों के मकानों का किराया व भत्ता बधायें जाने पर प्रछे गये सवाल पर कुमारी शैलजा ने कहा कि मंहगाई बढ़ रही है प्रदेश में और भी समस्यायें है ऐसे में ये उचित नहीं है हरियाणा में कांग्रेस के संगठन च्नाव बारे उन्होने कहा कि जनवरी तक हरियाणा का संगठन बन कर तैयार हो जायेगा

श्रीमती अरोड़ा ने यह जानकारी आज चंडीगढ़ जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से हई बैठक में दी

श्रीमती अरोड़ा ने कहा कि म्ख्यतः आज और कल इन दो दिनों में पराली जलाने की एक भी घटना नहीं होनी चाहिए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों हई घटनाओं को देखते हुए उन स्थानों पर पैनी नजर रखी जाए जहां पहले पराली जलाने की घटनाएं हुई हैं उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन गांवों में पराली जलाने के मामले सामने आते हैं तो उन गांवों के सरपंचों तथा गांवों में निय्क्त नोडल अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाए उन्होंने कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए सैटेलाइट इेमेज का भी सहारा लिया जाए छोटे एवं सीमांत किसानों का जिलेवार डाटा म्हैया करवाने को भी कहा

हरियाणा उच्च शिक्षा दवारा चलाये प्रयास कार्यक्रम के तहत सरकारी कालेजों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर प्रदेश के पंचकूला जिले के सरकारी कालेज ने पहला स्थान हासिलकिया है उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक ए श्रीनिवास ने आज प्रयास कार्यक्रम मे स्थान हासिल करने वाले सभी कालेजों को सम्मानित किया